हर घर को नल से जल और खेत को सिंचाई के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चला रही है प्रदेश सरकार

लेह लद्दाख को साल भर सड़क मार्ग से जोड़े रखने के उद्देश्य से शिंक्ला दर्रे के नीचे सुरंग के लिए जियो फिजिकल सर्वे आरम्भ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

परिवहन मंत्री विक्रम ठाकर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इन रूटों में चण्डीगढ़ लुधियाना हरिद्वार जालंधर अमृतसर पठानकोट रोपड़ सनवाल देहरादून और अम्बाला कैंट शामिल हैं

परिवहन मंत्री ने कहा कि नवरात्रों और आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत प्रदेश वासियों ने सरकार के इस निर्णय की सराहना की है अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू होने से जहां राज्य में पर्यटन व्यवसाय में तेजी आने की उम्मीद है वहीं लोगों को अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए टैक्सी का भारी भरकम किराया नहीं देना पड़ेगा

महेन्द्र सिंह जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर ने कहा है कि हर घर को नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने तथा हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि सिंचाई योजनाओं के माध्यम से फसलों में विविधता लाने और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके महेन्द्र सिंह ठाकुर आज बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के मझैरना में उठाउ सिंचाई योजना के संवर्धन कार्य का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की भी अपील की वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज और कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दे रही है जायका परियोजना इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वीरेन्द्र कंवर ने ऊना में कहा कि जायका परियोजना ने फसलों के विविधिकरण और गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन के अलावा किसानों को प्रशिक्षित करने में मदद की है इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि परियोजना का दूसरा चरण लागू होने के बाद प्रदेश में किसानों को दलहन और तिलहन की खेती की ओर ले जाने का प्रयास किया जाएगा ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके उन्होंने किसानों से जायका परियोजना के अलावा प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उठाकर और नकदी फसलें उगाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की अपील की मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा है कि औद्योगिक आपदाओं को न केवल पूरी तरह से रोका जा सकता है बल्कि उचित पूर्व तैयारी के द्वारा जानमाल के नुकसान को भी न्यूनतम किया जा सकता है मुख्य सचिव आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में रसायन आपदा संबंधी उपायों के लिए टेबल टॉप अभ्यास के मौके पर बोल रहे थे इस दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में रसायन आपदा संबंधी उपायों पर चर्चा की गई जयंती राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रतन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि डॉक्टर कलाम ने अपनी सादगी दूरदर्शिता और राष्ट्र निर्माण के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति से हर भारतीय को प्रेरित किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि अब्दुल कलाम हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं

गर्ग अपील नागरिक खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कोरोना से बचाव के लिये लोगों से प्रधानमंत्री के जन आन्दोलन से जुड़ने की अपील की है गर्ग ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने मास्क पहनने और स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह भी किया है

सिनेमा हॉल केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार आज से लागू की जाने वाली अनलॉक रियायतें फिलहाल प्रदेश में शुरू नहीं हो पाई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के क्वारंटीन होने के चलते केबिनेट बैठक नहीं हो पा रही है जिससे एसओपी को अंतिम रूप नहीं मिल पाया है इस बीच देश में आज से सिनेमाहॉल थियेटर और मल्टीप्लेक्स पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुल गए हैं लेकिन कंटेनमेंट वाले क्षेत्रों में इनमें फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी शिंकुला सुरंग लेह लद्दाख को साल भर सड़क सम्पर्क से जोड़े रखने के उद्देश्य से शिंकुला दर्रे के नीचे सुरंग बनाने के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ हो गया है इस सुरंग के निर्माण के लिए जियो फिजिकल सर्वे किया जा रहा है इस सर्वेक्षण में एयरबॉर्न इलैक्ट्रो मैग्नेटिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है

सुरंग को लेकर आज चिनुक हैलीकॉप्टर से ट्रायल सर्वे किया गया तथा अगले दो दिन में हवाई सर्वेक्षण को पूरा कर लिया जाएगा विक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने तथा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सभी औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है विक्रम ठाकुर आज औद्योगिक क्षेत्र कंदरोड़ी में चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने तथा युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं